अमिताभ बच्चन और रजनीकान्त सम्मानित

पांच दिन के विश्व के पहले योग साधाना शिविर में उन्होंने कहा कि योग हमें विश्व कल्याण की ओर ले जाता है उन्होंने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की सैंकड़ों वर्षो की साधना का परिणाम है मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना भारतीय संस्कृति की देन है

योग को आज पूरी दुनिया अपना रही है योग धर्म और पूजा पद्धति से हटकर है ये सबको निरोग करने तथा सबको जोड़ने का माध्यम है इस दौरान उन्होंने कोटद्वार का नाम कण्वनगरी कोटद्वार रखे जाने की मांग पर कोटद्वार नगर निगम को इसका प्रस्ताव भेजने को कहा है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने समारोह का उद्घाटन किया

सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि भारतीय सिनेमा के दर्शक लगातार बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई शूटिंग की जगहें मौजूद हैं उनके लिए अब तक अनुमति की दिक्कतें होती थीं लेकिन अब सरकार जल्द शूटिंग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने जा रही है उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादा से ज्यादा फिल्म शूटिंग होनी चाहिए इससे पहले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केन्द्रीय रक्षामंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर पर आधारित सात मिनट की एक फिल्म प्रदर्शित की गई

प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना से करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण है उन्होंने कहा कि घर का मतलब केवल चार दीवारें ही नहीं होता बल्कि यह लोगों के सपनों और आकांक्षाओं के पूरा होने का स्थान होता है सीएस समीक्षा बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख केन्द्र पोषित योजनाओं और फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा की उन्होंने बच्चों के शारीरिक विकास के साथ ही पोषण सामग्री वितरण की लगातार निगरानी रखने के निर्दे ा दिए साथ ही लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये मुख्य सचिव ने किशोरियों में खून की कमी जांचने की मशीन हीमोमीटर प्रत्येक विकासखंड में उपलब्ध कराने के लिए तत्काल बजट उपलब्ध कराने को कहा है बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव सौजन्या ने एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत आईसीडीएस सामान्य किशोरी शक्ति योजना आईसीडीएस प्रशिक्षण आंगनवाड़ी भवन निर्माण अनुरक्षण और उच्चीकरण योजनाओं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रगति की जानकारी भी दी

प्रतियोगिता का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने किया

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश के ऋषभ पंत वन्दना कटारिया और अन्य प्रतिभाओं ने देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है उन्होंने कहा कि सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया कि यहां से जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर विजेता बनेंगै

राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में शिरकत कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया राज्यपाल के सीमांत क्षेत्र में पहुंचने पर लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं भी बताई उन्होंने लोगों को समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिया

साथ ही उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत और नेपाल का यह व्यापारिक मेला ऐतिहासिक होने के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है सीएम एनसीसी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज आपने सरकारी आवास पर एनसीसी और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की इस अवसर पर उन्होंने एनसीसी अधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सहमति प्रदान की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं का सेना के प्रति आकर्षण में एनसीसी की विशेष भूमिका रही है उन्होंने प्रदेशभर में एनसीसी की गतिविधियों को बढ़ाने को कहा मुख्यमंत्री ने इसके लिए उत्तरकाशी में एक नई एनसीसी बटालियन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गोपेश्वर की स्वतंत्र कम्पनी को अपग्रेड करने पर भी मुख्यमंत्री ने हामी भरी साथ ही एनसीसी विभागाध्यक्ष को पांच लाख रुपये खर्च करने का अधिकार भी दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी

बाल विज्ञान मेले में छात्रों ने कई तरह के मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई जिसमें बाल वैज्ञानिकों के कई मॉडल्स रोचक और प्रेरक रहे विवेकानंद विद्यामंदिर टनकपुर के छात्र विशाल पाल ने बाइक के साइलेंसर से बिजली पैदा करने का यंत्र बनाया साथ ही बाल वैज्ञानिक सचिन शर्मा का मॉडल भी काफी पसंद किया गया वहीं उदयन इंटरनेशनल स्कूल के बाल वैज्ञानिक एरनॉल्ड डेसमंड का जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा के लिए तैयार किया गया इलेक्ट्रानिक फेंसिंग यंत्र देख लोगों में उत्साह नजर आया बाल विज्ञान प्रतियोगिता के जिला समन्वयक नवीन पंत ने बताया कि बच्चों को नई नई खोजों के प्रति प्रेरित किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में चयनित बाल वैज्ञानिक पहले राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपने मॉडलों का प्रदर्शन करेंगे महिला प्रशिक्षण टिहरी जिले में देवप्रयाग क्षेत्र के कोलाकांडी गांव में पगुपालन दुग्ध विकास और डेयरी विभगा की ओर से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है

इस योजना में केंद्र सरकार की ओर से नब्बे और राज्य सरकार की ओर से दस प्रति ात वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है देवप्रयाग की खंड विकास अधिकारी सोनम ग्रुप्ता ने बताया कि इस प्र क्षण से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है उन्होने बताया कि योजना के विस्तार के लिए इसे मनरेगा से भी जोड़ा जाएगा शराब कांड देहरादून में जहरीली शराब से हुई मौतो के मामले में राज्य सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है

सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चल रही है ट्रैवलमार्ट राज्य में पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा शिलांग में आयोजित हो रहे ट्रैवलमार्ट में उत्तराखण्ड भी प्रतिभाग कर रहा है इस ट्रैवल एंड टूरिज्म बाजार का उद्घाटन आज मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी में उत्तराखंड के अलावा मेघालय गोवा पश्चिम बंगाल राजस्थान झारखंड जम्मू और कश्मीर आदि राज्यों के पर्यटन बोर्ड भी भाग ले रहे है एक विज्ञप्ति के माध्यम से पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि विभाग द्वारा देश भर में आयोजित होने वाले ट्रैवल फेयर में प्रतिभाग किया जा रहा है जिसके तहत उत्तराखंड के टूरिज्म उद्योग होटल व्यवसाई ट्रैवल एजेंट आदि को सभी जगहों पर उत्तराखंड पवेलियन में स्टॉल उपलब्ध कराए जा रहे है इससे प्रतिभागी देश और दुनिया से आये दूसरे व्यवसायियों से मिलते हैं और सूचनाओं तथा व्यापार का आदान प्रदान करते हैं

बुधवार को गांव का आईटीबीपी जवान दस साल बाद अपने परिवार में वापस लौट आया है जवान विक्रम सिंह चौधरी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया